मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव श्यामसिंह राजपुरोहित ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई

इस बीच भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रकिया तेज कर दी है प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की इस बारे में दिनभर बैठक चली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि सभी प्रत्याशियों के नामों का चयन कल तक कर लिया जाएगा उधर कांग्रेस द्वारा भी अपने प्रत्याशियों का निर्णय कल तक कर लेने की उम्मीद है

ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि परिवादी ने ब्यूरो को पांच महीने पहले लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि अधीक्षण अभियंता देवडा ने उसके स्टोन माईन्स पर खडे ट्रको को अवैध रूप से सीज कर दिया था और खान का अनावश्यक चालान भी बना दिया था इस मामले को रफादफा करने की एवज में आरोपित ने रिश्वत की मांग की थी श्री त्रिपाठी ने बताया कि मामले के सत्यापन के बाद अधीक्षण अभियंता को एपीओ हो जाने के कारण रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं किया जा सका था लेकिन सत्यापन के दौरान रिश्वत लेने और मांगने की पुष्टि होने के आधार पर उसे रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है ब्यूरो के सात विभिन्न दलों ने देवडा के उदयपुर सीकर सिरोही और जयपुर स्थित निवास स्थानों पर तलाशी अभियान में विभिन्न मूल्यवान सम्पत्ति दस्तावेज और कागजात बरामद किये

आरापित देवडा को एसीबी आज न्यायालय में पेश करेगी

आरोपितों ने कृषि कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर लगाने के वास्ते रिश्वत की ये राशि ली थी

इस राशि से नगर निगम शहर की सीवरेज सहित अन्य व्यवस्था को सुधारेगा इस राशि का उपयोग सीवरेज के पानी को शोधित करने के लिए किया जायेगा यूएन हेबिटेट मिशन के प्रतिनिधियों ने कल इस संबंध में जयपुर नगर निगम के महापौर विष्णु लाटा और आयुक्त विजयपाल सिंह से मुलाकात की

साथ ही निजी संपत्तियों पर लगे होर्डिंग्स और ग्लो साइन बोर्ड का भी सर्वे किया जाएगा गौरतलब है कि सर्वे के अभाव में निगम को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है नगर निगम के राजस्व उपायुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि सर्वे को आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवाया जायेगा

सभी घायलों को रानीवाडा के सरकारी अस्पताल और भीनमाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है एक ही परिवार के ये लोग सुंधा माता के दर्शन के लिए जा रहे थे

जैसलमेर में कुछ देर रात कई स्थानों पर बरसात हुई उधर बाड़मेर जिले में कुछ स्थानों पर बूंदाबूंदी हुई बीकानेर में कल शाम के बाद से रूकरूक कर हुई बरसात से मौसम ठण्डा हो गया मौसम विभाग ने आगामी दो तीन दिन कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है